इस वर्ष का विषय है पूरक आहार प्रधानमंत्री की संपूर्ण आहार की महत्वपूर्ण योजना पोषण अभियान में विभिन्न मंत्रालयों की भागीदारी है इसके अंतर्गत दो हजार बाईस तक कुपोषण की समस्या का निदान किया जाना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले सप्ताह आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कुपोषण का उल्लेख करते हुए कहा था जागरूकता के अभाव में निर्धन और संपन्न परिवार कुपोषण के शिकार होते हैं आज जागरूकता के अभाव में कुपोषण से गरीब भी और संपन्न भी दोनों ही तरह के परिवार प्रभावित हैं पूरे देश में सितंबर महीना पोषण अभियान के रूप में मनाया जायेगा आप जरूर इससे जूडिये जानकारी लिजिये कुछ नया जोडिये आप भी योगदान दीजिये अगर आप एकाध व्यक्ति को भी कुपोषण से बाहर लाते हैं मतलब हम देश को कुपोषण से बाहर लाते हैं प्रदेश में भी बाल सुपोषण उत्सव की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथा ने कुपोषण के खिलाफ इस जंग में हर व्यक्ति को सहयोग करने की अपील की ताकि देश के बच्चे स्वस्थ हो सकें इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गर्मवती महिलाओं और बच्चों को सुपोषण थाली भी वितरित की इस योजना के तहत प्रदेश में सभी जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुपोषण स्वास्थ्य मेले भी आयोजित किये जायेंगे इन मेलों में मुफ्त स्वास्थ्य जांच के साथ ही महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य सलाह भी दी जायेगी इस दौरान आयरन की गोलियों और पोषक पदार्थों के मुफ्त वितरण की भी योजना है प्रदेश भर में पोषण अभियान चलाया जा रहा है कुपोषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय पोषण माह के तहत कुशीनगर जिले में सुपोषण अभियान आज से शुरू हो गया जिलाधिकारी डॉ अनिल कुमार सिंह ने पडरौना नगर के समीप जंगल खिरकिया के मुसहर बस्ती में अभियान का शुभारंभ किया अयोध्या में भी जिलाधिकारी अनुज झा ने शहर के जनौरा में पोषण माह की शुरूआत की इस दौरान कुपोषित बच्चों को पोषित किया जाएगा भारत मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल विभिन्न देशों के चौदहवें सम्मेलन की मेजबानी करेगा ग्रेटर नोयडा में कल से शुरू हो रहा यह सम्मेलन तेरह सितम्बर तक चलेगा सम्मेलन के दौरान भूमि की गृणवत्ता कम होने की समस्या पर विचार किया जाएगा केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मरुस्थलीकरण से निपटने के भारत के संकल्प का उल्लेख करते हुए हाल में कहा था कि यह समस्या पूरे विश्व की है और भारत इससे निपटने के प्रयासों का नेतृत्व करेगा

इसके साथ ही हम देहरादून में एक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित कर रहे हैं जिससे दुनिया को इस बारे में अनुसंधान तेज करने में मदद मिले और हम एक दूसरे से सीख लेते हुए मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने में प्रगति कर सकें विश्वभर से तीन हजार से अधिक प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे

कलराज मिश्र राजस्थान के नए राज्यपाल होंगे इससे पहले वह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गये थे भाजपा नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगतसिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है पूर्व केन्द्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल होंगे तमिलनाडु की पूर्व भाजपा प्रमुख डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभालेंगीं

उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव कार्यालय आम नागरिकों की समस्याओं को सुनने हेतु सदैव खुला रहेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में अमन चैन एवं खुशहाली का और अधिक बेहतर वातावरण बनाने हेतु प्राथमिकता से कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से जनता को और अधिक लामान्वित कराने हेतु सार्थक प्रयास सुनिश्चित कराये जायेंगे श्री तिवारी उन्नीस सौ पचासी बैच के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं

वे गोरखपुर के मण्डलायुक्त तथा सुल्तानपुर मिर्जापुर आगरा के जिलाधिकारी के पद पर भी तैनात रहे हैं